म्ख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से अरुणाचल प्रदेश सड़क एयर कनेक्टिविटी पावर ट्रांसमिशन सरकारी काम काज को डिजिटल करने सीमांत क्षेत्रों के विकास सरकारी विद्यालयों और अस्पताल में ब्नियादी स्विधाओं के विकास सतत जल विद्यूत ऊर्जा और पर्यटन के लिए वन टाइम ग्रांट देने का अन्रोध किया म्ख्यमंत्री ने राज्य को सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए इससे संबंधित परियोजनाओं के विकस में सहायता का आग्रह किया म्ख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिज् और लोक सभा सांसद तापिर गाव ने आज केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन से मिलकर राज्य की विकास प्राथमिकताओं संबंधी एक ज्ञापन सौंपा

वीडियो कॉन्फ्रेन्सिग माध्यम से आयोजित बैठक में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के म्ख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री राज्यों के वित्त मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया वित्त मंत्री ने सहकारी संघवाद के महत्व पर जोर देते हए इंगित किया कि केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना महामारी का सामना करने में मजब्ती से समर्थन दिया है अधिकांश राज्यों ने महामारी के संकट काल में ऋण लेने की सीमा बढाने और एक के बाद एक ऋण उपलब्ध कराने जैसे वित्तीय मदद के लिए वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने बजट में शामिल करने के लिए कई स्झाव भी दिए वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग माध्यम से बजट पर्व बैठक में भाग लेते हए उपम्ख्यमंत्री और वित्तमंत्री चाउना मैन ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश जो अत्याधिक पिछड़ापन के लिए जाना जाता था पिछले पांच छह वर्ष में अभ्ञतपूर्व विकास किया है श्री मैन ने कहा कि विकास की इस गती को बनाए रखने की जरुरत है ताकि देश के अन्य राज्यों के साथ विकासात्मक अंतराल को कम किया जा सके उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के लोगों की सड़क रेल स्वास्थ्य शिक्षा और अन्य आधारभूत संरचना को हासिल करने की बड़ी आशा और उम्मीद है

राज्य में कोविड रिकवरी दर बढकर निन्यानबे दशमलव तीन दो प्रतिशत हो गई है राज्यभर में कोविड जांच के लिए चार सौ सैंपल एकत्र किए गए

इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश रुरल बैंक के अध्यक्ष डॉदीपक क्मार ग्प्ता महाप्रबंधक प्रदीप क्मार पॉल सिनियर मैनेजर नील बहाद्र कोनवार और राजेन मायिंग सहित कई अधिकारी मौजूद थे अपने संबोधन में श्री नाकाप नालो ने कहा कि दूर दराज के क्षेत्र नाचो में बैंकिंग स्विधा श्रु होने से अब आस पास के लोगों को बैंकिंग के लिए जिला म्ख्यालय दापोरिजो नहीं आना पड़ेगा उन्होंने कहा कि राज्य सरकार योजनाओं का लाभ सभी क्षेत्र के लोगों तक पहंचाने के लिए बैंकिंग स्विधाओं का विस्तार कर रही है

इसका उद्घाटन कल पी सी सी एफ के प्रिंसिपल सेक्रेट्री और राष्ट्रीय बंबू मिशन के मिशन डायरेक्टर आर के सिंह ने किया उन्होंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के केन एण्ड बंब् डबलपमेंट काउंसिल राज्य बंब् मिशन और अरुणाचल विकास एवं शिक्षा संगठन ईटानगर दवारा प्रायोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य की युवाओं को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध बांस से आभूषण सजावट की वस्त्रएं और फर्निचर तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है

ईस्ट सियांग बैडमिंटन संघ दवारा अरुणाचल बैडमिंटन संघ के सहयोग से आयोजित इस प्रतियोगिता में प्रुष और महिला वर्ग में दो सौ से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे है अपने संबोधन में श्री लिबांग ने कहा कि प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले राज्यभर में म्ख्यमंत्री बैडमिंटन प्रतियोगिता का उद्देश्य राज्यभर के य्वा खिलाड़ियों को अपने प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करना है